वित्त मंत्री ने बताया कि ढांचागत सुधारों के तहत सात क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान केन्दित किया जाएगा

श्रीमती सीतारमन ने बताया कि सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से बढाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है

वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार ने पूर्णबंदी के कारण उत्पन्न हुए संकट से निपटने के लिए राहत पैकेज में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अस्सी करोड लोगों को निःशुल्क अनाज दिया गया है

वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए भी हरसंभव प्रयास किया गया है

इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया ताकि स्काइप के माध्यम से आप इसका कर सकें प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर तक भी हम पहुंचे हैं उसके माध्यम से भी हम अपनी पहुंच बढ़ाकर देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच सकें और शिक्षा को उन तक पहुंचा सकें हमने राज्यों से भी अनुरोध किया है कि आप चार घंटे का हमें ऐसा कंटेन्ट एजुकेशन का दें

केन्द्र सरकार ने कहा है कि रेलवे प्रवासी कामगारों की सुरक्षित और तेज वापसी सुनिश्चित करने के लिये रेल नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक जिले स श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने को तैयार है केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश के जिलाधिकारियों से फंसे हुए श्रमिकों और उनके गंतव्य स्थलों की सूची तैयार करने और राज्य नोडल अधिकारी के जरिये रेल विभाग को आवेदन भेजने को कहा है उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे प्रत्येक दिन तीन सौ श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने में सक्षम है

रेल मंत्रालय ने कहा कि अब तक रेलवे पंद्रह लाख से अधिक प्रवासी कामगारों को उनक गृह राज्य तक पहुंचा चुका है इसके लिये लगभग एक हजार एक सौ पचास श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया गया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन अथवा सुरक्षित वाहनों से ही उनके घर भेजने की व्यवस्था करने के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं उन्होंने प्रदेश में आने वाले प्रत्येक कामगारों और श्रमिकों के लिये भोजन और पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी कामगारा और श्रमिकों को क्वारंटीन सेन्टरों में रखने के दौरान ही उनकी स्किलिग की जाय ताकि होम क्वारंटीन पूरी होने के बाद प्रदेश में ही उन्हें रोजगार दिलाने के प्रयास अभी से शुरू किये जाये मुख्यमंत्री ने कहा क्वारंटीन सेन्टर और कम्यूनिटी किचन में साफ सफाई सुनिश्चित करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोने पाये मुख्यमंत्री ने सभी कोविड अस्पतालों में बेड की क्षमता बढ़ा कर एक लाख करने के लिये अधिकारियों को निर्देशित किया उन्होंने प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की टेस्टिंग को पूल टेस्टिंग के माध्यम से शीघ्र शुरू करने तथा टेस्टिंग क्षमता को आगामी दो तीन दिन में दस हजार प्रतिदिन तक करने के निर्देश भी दिये

मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों से कोटे की दुकानों का निरीक्षण कर नागरिकों को राशन उपलब्ध कराने में सहयोग करने को कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदश में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाये और केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज के अनुसार कार्य योजना बना कर उस पर शीघ्र अमल किया जाये प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश के बहत्तर जनपदों में कोरोना ऐक्टिव मरीजों की संख्या एक हजार आठ सौ पांच है उन्होंने बताया कि अब तक दो हजार चार सो चौवालीस मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो गये हैं अब तक प्रदेश के पचहत्तर जिलों से चार हजार तीन सौ तिरपन कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आये हैं उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना संक्रमण से घबराने की जरूरत नहीं सभी सरकारी अस्पतालों में इसकी निःशुल्क जांच की व्यवस्था की गई है केन्द्र ने सभी राज्यों से प्रवासियों की वापसी की जानकारी और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिये ऑनलाइन पार्टल राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली एनएम आईएस का उपयोग करने को कहा है राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कोन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रवासियों की वापसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और फंसे लोगों की सुचारू वापसी के लिये मौजूदा भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस पोर्टल पर ऑनलाइन डैशबोर्ड तैयार किया है इस पोर्टल पर मोबाइल नंबर सहित प्रवासियों से संबंधित जानकारी तथा उनके प्रस्थान और गंतव्य जिले तथा यात्रा की तिथि की जानकारी अपलोड रहेगी प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने के लिये ट्रेनों की व्यवस्था की है राज्य में अब तक चार सौ पचास श्रमिक विशेष ट्रेनों द्वारा पांच लाख चौंसठ हजार से अधिक प्रवासी श्रमिकों को वापस लाया गया है

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

श्रोता फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं